यूपीए की ओर से शिब्र सोरेन आज नामांकन दाखिल करेंगे

झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है यूपीए ने दो में से एक सीट के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिव सोरेन को उम्मीदवार बनाया है श्री सोरेन आज विधानसभा परिसर में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल करेंगे उनके नामांकन दाखिल में झामुमो के अलावा कांग्रेस विधायकों के भी उपस्थित रहने की संभावना है इधर भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक के बाद राज्यसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याषी के नाम की घोषणा जल्द कर दिये जाने की संभावना है वहीं यूपीए की ओर से राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए भी प्रत्याषी दिये जाने पर विचार विमर्ष किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की नई दिल्ली में बैठक हई बैठक में राज्यसभा के द्विवाार्षिक चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया

मतदान के एक घंटे बाद वोटों की गिनती की जाएगी झारखण्ड से दो सीटों के लिए मतदान होगा महाराष्ट्र में सबसे अधिक सात सीटों के लिए चुनाव होगा तमिलनाड् से छह सीटों पर वोट डाले जाएंगे बिहार और पश्चिम बंगाल से पांच पांच र्सीटों तथा ओडिसा गुजरात और आंध्र प्रदेश से चार चार सीटों के लिए चुनाव होगा राज्यसभा के लिए असम राजस्थान और मध्य प्रदेश से तीन तीन तथा तेलंगाना हरियाणा और छत्तीसगढ से दो दो सीटों के लिए मतदान होगा हिमाचल प्रदेश मणिपुर और मेघालय से राज्यसभा के एक एक सीट के लिए उम्मीदवार का चयन किया जाएगा केंद्र सरकार ने किसान रेल चलाने से संबंधित तैयारियों के लिए एक समिति का गठन किया है लोकसभा में पिछले सप्ताह एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी देते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि इस समिति में कृषि और रेल मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल किए गए हैं उन्होंने बताया कि समिति जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के लिए कोल्ड चेन उपलब्ध कराने पर भी विचार करेगी और इसके लिए एसी कोच वाली एक्सप्रेस और मालगाड़ी चलाई जा सकती है रेल मंत्री ने बताया कि रेलवे की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास खाली पड़ी जमीन पर सौर पैनल लगाए जाने की भी योजना है एक अन्य प्रष्न के उत्तर में रेल मंत्रालय ने यह भी जानकारी दी कि देश में विश्वस्तरीय तकनीक और सेवाओं के साथ निजी यात्री रेलगाडियां चलाने के प्रयोजन से ऑपरेटरों के लिए नियम और शर्ते निर्धारित करने के वास्ते सचिवों के एक समूह का गठन किया है फिलहाल देश में कोई भी रेल यात्री सेवा निजी ऑपरेटरों द्वारा नहीं चलाई जा रही है

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि एक सौ से अधिक देशों में घातक नोवल कोरोना वायरस के फैलने के बाद इसके वैश्विक महामारी बनने का खतरा बढ गया है हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है नोवेल कोरोना वायरस दुनिया भर में एक सौ पांच देशों में फैल गया जिससे तीन हजार आठ सौ सत्रह लोगों की मौत हो चुकी है और एक लाख दस हजार उन्तीस लोग संक्रमित हैं नोवल कोरोना वायरस से जूझ रहे ईरान से अंठावन भारतीय जायरीन को लेकर भारतीय वायुसेना का एक सैन्य विमान कल सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा इन यात्रियों की चिकित्सा जांच की जा रही है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण परिस्थतियों से निपटने में सहयोग के लिए ईरान में भारतीय दूतावास के अधिकारियों वहां गए भारतीय चिकित्सा दल और भारतीय वायु सेना के अलावा ईरान के अधिकारियों को धन्यवाद दिया है श्री जयशंकर ने कहा है कि सरकार ईरान से अन्य भारतीयों को लाने पर भी काम कर रही है

ये नए मामले बंगलुरू और पुणे से हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में विशेष सचिव संजीवा कुमार ने कल नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि सरकार स्थिति पर कड़ी निगरानी रखते हुए इस संक्रमण को फैलने से रोकने के हरसंभव उपाय कर रही है संजीवा कुमार ने बताया कि मंत्रिमंडल सचिव ने भी कल स्थिति की समीक्षा की और इस बारे में एक नया परामर्श जारी किया

श्री कुमार ने बताया कि नोवल कोराना वायरस के कारण देश में अब तक किसी मरीज की मौत नहीं हुई है जामताड़ा जिले में हर्षोल्लास के साथ होली मनायी गई लोगों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी

कहीं से किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं है प्ररा झारखंड होली की मस्ती से सराबोर रहा राजधानी रांची में सूबह से ही घरों गली मुहल्लों में होली का उमंग देखने को मिला हालांकि इस बार कोरोना वायरस के फैलाव पर अंकृश लगाने को लेकर होली खेलने के दौरान लोग सजग नजर आये ज्यादातर लोगों ने हर्बल रंग गुलाल का इस्तेमाल किया इधर देवघर रिथित बाबा बैचनाथ धाम मंदिर में हरिहर मिलन का आयोजन बाबा मंदिर में परंपरागत रूप से सम्पन्न हुआ मान्यता है कि त्रेता यूग में जब भगवान विष्णू ने रावण से शिवलिंग हरण कर बाबा धाम में स्थापित किया था वह तिथि फाल्गुन पूर्णिमा की शाम थी इस प्रकार हरि का हर यानी महादेव से मिलन को भक्त हरिहर मिलान के रूप में मनाते है श्रद्वालु सबसे पहले मंदिर में पहुंच कर शिवलिंग पर अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद त्योहार की शुरुआत करते हैं होली के दौरान राज्यभर में सुरक्षा के पुख्ता इतजाम किये गये थे पाकुड़ जिले में भी होली का त्योहार उमंग और उत्साह के साथ शांतिपूर्ण मनाया गया होली के मौके पर खूंटी भी रंग गुलाल से रंगा दिखा इधर गोड़डा जिले के सुद्र गांवों में होली और बाहा पर्व परंपरागत उल्लास और खुषी के माहौल में मनाया जा रहा है राज्य के अन्य सभी जिलों में भी परम्परागत हर्षोल्लास के साथ होली मनायी गई विकास कृष्ण एशिया ओसनिया ओलंपिक क्वालिफायर मुक्केबाजी टूर्नामेंट में उनहत्तर किलो वजन वर्ग के फाइनल में पहुंच गए हैं

अन्य सेमीफाइनल में अमित पंघाल को बावन किलो वजन वर्ग में और लवलीना बोरगोहेन को उनहत्तर किलो वजन वर्ग में हार झेलनी पड़ी इससे पहले विकास पंघाल लवलीना और एमसी मैरीकॉम सहित आठ मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में पहुंचकर तोक्यो ओलम्पिक के लिए कोटा हासिल कर लिया था